राज्य सरकार प्रदेश के सत्रह बाल सुरक्षा गृहों में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के कई अन्य जिलों में स्थित बाल सुरक्षा गृहों की जांच की थी और इन गृहों में हुई गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपा था अपनी जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने इसके लिए पच्चीस जिलाधिकारियों और छियालीस अन्य अधिकारियों को लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की सिफारिश की है राज्य सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारबियाडा के जमीन आवंटन में गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच करायेगी साथ ही इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने आवंटित भूमि से अधिक भूमि लेने और इस काम में सहयोग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया समीक्षा बैठक के दौरान बियाडा में भू आवंटन सहित कई अन्य मामलों में भारी अनियमितता पायी गयी स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस का तीसरा सत्र बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संबंध में कक्षा नौ से बारह के विद्यार्थियों के लिए पिछले महीने माई गव के साथ भागीदारी में एक लघ् निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी देश में सभी स्कूलों के कक्षा छह से बारह के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या द्रदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम द्रदर्शन के डीडी नेशनल द्रदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा पिछले साल देश भर के साढ़े आठ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने दूरदर्शन टीवी और रेडियो के विभिन्न चैनलों पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा और सुना था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले एक गिरोह के सरगना सहित बिहार के छह युवकों को बिहारशरीफ से गिरफ्तार किया गया है बिहार थाने की पूलिस ने इन सभी को एतवारी मोड़ से गिरफ्तार किया सदर डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि आरोपियों को परीक्षा देकर एक गाड़ी से लौटने के क्रम में पकड़ गया दो हजार इक्कीस की जनगणना में कर्मी घरों की सूची तैयार करने से संबंधित चरण के दौरान परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर शौचालयों टेलिविजन इंटरनेट वाहनों और पीने के पानी के स्रोत सहित कई जानकारी मागेंगे जनगणना इस साल पहली अप्रैल को शुरू होगी और तीस सितम्बर तक चलेगी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने एक अधिसूचना में कहा कि जनगणना अधिकारियों को घरों की सूची तैयार करने और घरों की गणना के दौरान प्रत्येक परिवार से सूचना इकट्टा करने के लिए इकतीस सवाल प्रछने के निर्देश दिए गये हैं हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल नम्बर केवल जनगणना से संबंधित बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए मांगा जाएगा इसके अलावा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होगा जनगणना कर्मी बिजली के मुख्य स्रोत परिवार के पास शौचालय सुविधा उपयोग किये गये पानी के निकलने की व्यवस्था रसोईघर की उपलब्धता एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मुख्य ईंधन से संबंधित जानकारी भी मागेंगे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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर जिले के भीम बांध में सात सौ पंचानवे करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं की शुरूआत और उद्घाटन करेंगे श्री कुमार मुंगेर के दो दिनों के दौरे पर हैं राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने नये वर्ष में उच्च शिक्षा के सुधार प्रयासों में और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर समीक्षा तंत्र को और अधिक सुद्रढ़ किये जाने की जरूरत है पटना में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने महाविद्यालयों की गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया मौसम विभाग ने कल से पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में फिर से कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है इस दौरान न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री तक गिरेगा हालांकि दिन में ध्रप निकलने के कारण थोड़ी राहत मिलेगी विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये हुए हैं बीते छत्तीस घंटों के दौरान सबसे अधिक पटना में पंद्रह मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गयी जबकि जहानाबाद भभुआ एकंगरसराय ललबगिया घाट खोदाबंदपुर गढ़ी रामनगर बिहपुर रोसड़ा और जमुई में हल्की से मध्यम वर्षा हुई गुवाहाटी में शुरू हुए तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कबड्डी स्पर्धा में बिहार की टीम ने दोनों वर्गों में जीत से शुरूआत की है बालक वर्ग में बिहार ने दिल्ली को इकतीस के मुकाबले पैंतीस अंक से हराया जबकि बालिका टीम ने दिल्ली को ही इकतालीस अड़तीस पराजित कर शानदार शुरूआत की मुंगेर जिले में पुलिस ने दियारा क्षेत्र के टीकारापुर गांव में छापेमारी कर आठ मिनीगन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया है इस दौरान पांच तस्करों को निर्मित और अर्द्वनिर्मित पिस्तौल और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है गया जिले के कष्ठा और परैया रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के कपलिंग टूटने से गया पंडित दीनदायल उपाध्याय रेलखंड पर कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा बेगूसराय जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के कासिमपुर इलाके में अपराधियों ने वार्ड संख्या नौ के सदस्य नरेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी पटना में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिसकर्मियों ने साईकिल से गश्त शुरू कर दी है इसके लिए तिरानवें दस्तों को लगाया गया है इन पुलिसकर्मियों की निगरानी का जिम्मा डीएसपी को दिया गया है सभी डीएसपी अपनी अपनी रिपोर्ट एसएसपी को देंगे आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है भूगर्भ जल स्तर को नीचे जाने से रोकना जरूरी दैनिक जागरण का शीर्षक है दाउद का करीबी रहा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला पटना से हुआ गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व पर तकरार को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जगदानंद बोले लालू ही महागठबंधन के को ऑर्डिनेटर घटक दलों ने कहा मंजूर नहीं प्रभात खबर की सूर्खी है बांका में बेटी के जन्म पर बधाई मूहिम पूरे राज्य में होगी लागू आज अखबार लिखता है बिहार में फिर कहर ढाहेगी शीत लहर और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर लिया संज्ञान